भाजपा के आला नेताओं ने आज अपने विधायकों के साथ विधानसभा भवन और पार्टी कार्यालय में अनौपचारिक बैठकें की वहीं दिल्ली में भी वरिष्ठ नेताओं ने राज्य के राज्नीतिक हालात पर मंथन किया भाजपा विधायक दल की औपचारिक बैठक कल होने की संभावना है इसमें विधायक दल के नेता का चयन भी किया जाएगा इसके पूर्व आज बहुमत परीक्षण से पहले ही कमलनाथ ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया पत्रकार वार्ता में अपने इस्तीफे की घोषणा करने के बाद वे सीधे राजभवन पहुंचे जहां राज्यपाल लालजी टंडन को अपना इस्तीफा सौंपा राज्यपाल ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर कार्यवाहक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के लिये कहा

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया गया है उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार द्वारा किये जनकल्याण के काम भाजपा को रास नहीं आए

मुख्यमंत्री के त्यागपत्र के बाद भी विधानसभा की बैठक तय समय पर आहूत की गई हालांकि यह औपचारिकता मात्र रही

इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी इस्तीफा प्रतिक्रिया कांग्रेस छोड भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि मध्यप्रदेश में जनता की जीत हुयी है वहीं केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कमलनाथ के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपनी अंतर्कलह और कुप्रबंधन के कारण गिरी है नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी इसे कांग्रेस के आंतरिक सघर्ष की परिणति बताया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस छल और कपट के सहारे सत्ता में आई थी इस्तीफा प्रतिक्रिया जिला मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस्तीफे के बाद जहां कांग्रेस कार्यकर्ता मायूस हैं वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है जबलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई वहीं सतना में ढोल नगाड़ो के साथ भाजपा कार्यकर्ता नाचते दिखे छतरपुर और मुरैना में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा की वापसी पर मिठाईयां बांटी विधायक विधानसभा सचिवालय ने आज स्पष्ट किया है कि भाजपा विधायक शरद कौल का विधायक पद से त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया है श्री कौल ब्योहारी से विधायक हैं सियासी उठापटक के बीच आज सुबह खबर आयी थी कि उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है दरअसल श्री कौल राजनैतिक घटनाक्रम के बीच कथित तौर पर कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे थे

यहां उन्होंने भाजपा के प्रति निष्ठा जाहिर करते हुए कहा कि वे भाजपा में थे हैं और रहेंगे उधर कांग्रेस सरकार में खनिज मंत्री रहे निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने नई सरकार के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई

यह व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने आप पर लागू कर्फ्यू होगा प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान केवल आवश्यक सेवा में लगे लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए

उन्होंने कहा कि रविवार शाम पांच बजे पांच मिनट के लिए हर व्यक्ति अपने घर की बालकनी खिड़की या दरवाजे पर आकर ताली थाली बजाकर इन सेवा कर्मियों को धन्यवाद दे और उनका हौसला बढ़ाए

स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव डॉ पल्लवी गोविल ने बताया है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है हालात सामान्य होने पर लगाई गई पाबंदिया खत्म कर दी जाएंगी वहीं जेल मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में परिजनों के कैदियों से मिलने पर रोक लगा दी गई है सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कलेक्टर ने आदेश जारी कर सभी शैक्षणिक संस्थाओं के साथ कोचिंग समर कैंप और खेल से संबंधित कोचिंग केन्द्र पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी है उधर खंडवा जिला चिकित्सालय में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के इलाज का मोकड़िल की गई रतलाम में प्रेस क्लब द्वारा आज पत्रकारों को मास्क और सेनेटाइजर वितरित किये गये

मुरैना जिले में भी इस बीमारी से बचाव के लिये लोगों को जागरूक किया जा रहा है भारतीय चिकित्सा संघ के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेन्द्र सैनी ने बताया है कि कोरोना वायरस के संकमण से बचाव के लिये घर जाते ही कपड़े बदलना जरूरी है

उधर सागर जिले में नवरात्रि पर लगने वाला रानगिर मेला स्थगित कर दिया गया है शिवपुरी नीमच टीकमगढ़ छतरपुर सतना और निवाड़ी जिले में भी सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है

रायसेन सीएमएचओ ए के शर्मा ने कहा है कि जिले में हम छोटी छोटी सावधानियों से सुरक्षा बरतते हुए इस गंभीर बीमारी से बच सकते हैं